प्रधानमंत्री ने आज राजधानी दिल्ली में वाणिज्य विभाग के नए कार्यालय परिसर वाणिज्य भवन के शिलान्यास के मौके पर कहा कि भारत ने सात दशमलव सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली है जिससे विकास की गति में तेजी आयी है

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में उम्मेद उद्यान में सरदार राजकीय संग्रहालय का अवलोकन किया श्रीमती राजे ने आज ै अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान दी गई यातनाओं को लोग अभी भी नहीं भुला पाए हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का समाधान शीघ्र होगा

इन वनोपज में महुवा बीज करंज बीज पुवाड शीड शहद और कृछ अन्य उपज शामिल हैं

इसके तहत पूलिस जांच के लिए भरे जाने वाले व्यक्तिगत विवरण फॉर्म और जांच प्रश्नावली को अधिक सरल किया गया है यह बदलाव एक जून से लागू हो गया है क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी राजेन्द्र सिंह के अनुसार अब आवेदको की जांच केवल आपराधिक पृष्ठभूमि पर केन्द्रित होगी

कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने आज नई दिल्ली में बताया कि राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ ओडिशा और मिजोरम के लिए समितियां गठित की गई है

ललितेश्वर त्रिपाठी और शाकिर सनादि को राजस्थान की समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है

जयपुर मेट्रो के निदेशक जीएस भावरिया ने बताया कि आज से नई समय सारिणी प्रभावी हो गई है

झालावाड मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इण्डिया की टीम पीजी कक्षाओं की परीक्षा का स्तर जांचने के लिए सघन परीक्षण कर रही है

भरतपुर में आज गंगा दशहरा पर्व धार्मिक उल्लास से मनाया गया धौलपुर में इस मौके पर श्रद्वालुओं ने चम्बल में पवित्र स्नान किया